वही एक सक्रिय मामला तवांग का है जो दिल्ली से लौटे है सभी एसीम्टोमेटिक है और उन्हे कोविड केयर सेंटर में शिफ्त किया गया है

इनमें चांगलांग के चौदह मरीज वेस्ट सियांग और लोअर सियांग जिले से एक एक मरीज है उन्हें चौदह दिन की सख्त हॉम क्वारिनटाइन और स्वंय निगरानी की हिदायत दी गई है

जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह ने कल घटना प्रतिक्रिय दल यानी इंसीदेंट रेस्पोंस टीम के साथ हालात की समीक्षा की रिपोर्ट के अन्सार मेबो सब डिविजन स्थित सिगार क्षेत्र की नदी खतरे के निशान से उपर बह रही है हालात की समीक्षा करते हए जिला प्रशासन ने केंद्रीय जल आयोग सी डब्ल् सी और डब्ल् आर डी को प्रति घंटा रिपोर्ट भेजने को कहा सभी इंसीडेंट कमांडरो को स्धारक विचार के लिए दोपहर के साढ़े तीन बजे रोजाना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्दोश दिया गया है इस दौरान जिला प्रशासन ने एक परामर्श जारी कर तैराकी मछली पकड़ने या अन्य गतिविधियों के लिए नदी नालो और सियांग नदी में ना जाने को हिदायत दी वही नदी के किनारे निचले इलाको खासकर सिगार बोरग्ली कंगक्ल नामसिंग मेर जारक् पगलेक एस एस मिशन जरकोंग बांसकोटा बेरुंग और अन्य क्षेत्र में बसे लोगो से सर्तक रहने की हिदायत दी

इस अवसर पर प्रदेश खेल एवं य्वा मामला मंत्री मामा नात्ग ने अरुणाचल ऑलिम्पिक संघ पंजीकृत स्पोर्ट्स बॉडिस और संबद्ध विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बातचित की गौरतलब है की अंतर्राष्ट्रीय ऑलिम्पिक दिवस हर वर्ष तेइस ज्न को मनाया जाता है खेल कूद का हमारे जीवन में महत्व और विश्व भर में लिंग उम्र जाति और धर्म से उपर उठकर खेल में भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है

चेक गेट आपातकालीन स्विधा क्वारिनटाइन केंद्रों और अन्य तैयारियों की स्थिती के आकलन के बाद श्री अभिशेक ने स्वास्थ्य विभाग और संबंद्व अधिकारियों से कोरोना वायरस के प्रकोप के प्रबंधन और निवारण के लिए सर्तक और निपटान के लिए तैयार रहने को कहा कोविड ड्य्टी में लगे कर्मचारियो की निष्ठा की प्रशंसा करते हए जिला उपाय्क्त ने उन्हे इसी जोश और उत्साह के साथ काम करने को कहा वही उन्होंने ड्यूटी के वक्त किसी भी तरह की लापरवही के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी दी

कॉपी इडीटर के लिए शैक्षिक योग्यता पत्रकारिता में डिग्री या पी जी डिप्लोमा हो और कम से कम संबंद्ध क्षेत्र में तीन साल का अन्भव हो